हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने केन्द्रीय बजट को संतुलित और समावेशी विकास करने वाला बजट बताया है फतेहाबाद की स्पेशल स्टाफ पुलिस की टीम ने दो युवकों को चार किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कल तक मिले कोरोना संक्रमित मरीज़ों की संख्या एक करोड़ सात लाख छियासठ हजार दो सौ पैंतालिस हो गई है

इनका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा है कि देश को मबजूत व सुरक्षित रख्ने के लिए हर युवा को राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट के रूप में तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के रूप मे प्रशिक्षण लेकर देश व समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए राज्यपाल कल हरियाणा राजभवन में इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट और एनसीसी के स्वयं सेवकों को सम्बोधित कर रहे थे

चंडीगए में जारी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विध्त क्षेत्र मे कई सुधार और उपलब्धियां देखेने को मिली है आने वाले समय में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने की घोषणा की गई है जिसमे बिजली उपभोक्ताओं एक से अधिक संवितरण कंपनियों में से अपना चुनाव करने का विकल्प रख सके

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष श्री सुभाष बराला ने केंद्रिय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को एक मन भावन और संतुलित तथा आर्थिक सुधारों की ओर ले जाने वाला बजट बताया है उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गो का ख्याल रखा गया है

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश आम बजट के बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है बजट को लेकर करनाल के लोगो ने अपनी राय देते हूए कहा की इस बार के बजट में काफी प्रावधान किए गए है बजट अच्छा है और लोगो के हितों में है

फतेहाबाद की स्पेशल स्टाफ प्रलिस की टीम ने पंजाब के दो युवकों को चार किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया है पकड़े गये युवको की पहचान मानसा जिले के बरेटा निवासी मेवा सिंह व राम किशन के तौर पर हुई है थाना शहर रतिया में दोनों के खिलाफ नशा विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया गया है

हरियाणा के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने विभिन्न श्रेणी के दोपहिया वाहनों के रखरखाव एवं सर्विसिंग से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए दृपहिया वाहन निर्माण में अग्रणी कंपनी रॉयल एनफील्ड के साथ समझौता किया है इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में रॉयल एनफील्ड सर्विस प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा

आज पलवल जिले में दो विभिन्न हादसों में दो लोगों की मृत्यू हो गई पहला हादसा पलवल हथीन मार्ग गाव रतीपुर के निकट हआ जहां दो मोटर साइकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई